कल यहां सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक वोट डाले जाएंगे

राज्य की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि कल मतदान शुरू होने से पहले उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मॉकपोल कराया जाएगा वहीं निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए मतदान केन्द्रो में बिना मास्क और हाथों को सैनिटाईज किए बगैर मतदाताओं को मतदान नहीं करने दिया जाएगा श्रीमती कंगाले ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मतदान केन्द्रो में कोरोना प्रभावित मतदाताओं के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं उन्हें मतदान के अंतिम एक घंटे में वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाएगी स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने के लिए मरवाही विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए सभी दो सौ छियासी मतदान केन्द्रो में सुरक्षा के कड़े इतजाम किए गए हैं इन मतदान केन्द्रो में सीएएफ और सीआरपीएफ की दस कंपनियों को तैनात किया गया है साथ ही मतदान के दौरान विभिन्न गतिविधियों पर नजर रखने को लिए उनतीस मतदान केन्द्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था भी की गई है इस उपचुनाव के लिए कल मतदान होने के साथ ही आठ उम्मीदवारों का भाग्य ईव्हीएम में कैद हो जाएगा मरवाही विधानसभा क्षेत्र में कल मतदान के लिए सार्वजनिक और सामान्य अवकाश घोषित किया गया है इस बीच मरवाही विधानसभा क्षेत्र में उप निर्वाचन के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग ने मीडिया में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल के प्रकाशन अथवा प्रसारण पर सात नवंबर को शाम साढे छह बजे तक रोक लगा दी है वहीं मतदान समाप्ति के अड़तालीस घंटे पहले से ही पूर्व मतदान सर्वेक्षणों पर भी रोक है इस उपचुनाव के लिए कल मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में जारी किए जाने वाले राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण कराना भी अनिवार्य होगा वहीं मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के तौर पर मतदाता फोटो परिचय पत्र सहित बारह दस्तावेजों को मान्य किया है मतदाता वोट डालने के लिए बैंकों और डाकघरों द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा कार्ड पैन कार्ड या फोटोयूक्त पेंशन दस्तावेज का इस्तेमाल कर सकते हैं वहीं अनिवासी भारतीयों को मतदान केन्द्र में पहचान पत्र के तौर पर अपना पासपोर्ट ही प्रस्तुत कर सकेंगे धान खरीदी राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की तारीख का ऐलान कर दिया है आगामी एक दिसंबर से प्रदेश में धान खरीदी का काम शुरू होगा खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आज रायपूर में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया इसभें धान खरीदी की तैयारियों की समीक्षा के साथ साथ बारदाने की उपलब्धता और समर्थन मुल्य पर खरीदी की कार्ययोजना को लेकर भी चर्चा की गई बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा निर्घारित समर्थन मूल्य पर ही प्रदेश में धान की खरीदी की जाएगी प्रति एकड़ भूमि पर पंदह क्विंटल धान की खरीदी होगी उन्होंने बताया कि बारदाने की उपलब्यता को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं खरीदी के लिए प्लास्टिक के बोरो का भी इस्तेमाल किया जाएगा धान खरीदी मांग इस बीच कवर्घा में भारतीय जनता पार्टी और भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने राज्य में जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा भाजपा पदाधिकारियों ने कहा कि जिले में सत्तर प्रतिशत से अधिक किसान धान की कटाई और भिजाई का काम पूरा कर चुके हैं उन्होंने कहा कि वर्षा की स्थिति और त्यौहार को देखते हए किसानों को असुविधा से बचाने के लिए जल्द से जल्द धान खरीदी शुरू की जानी चाहिए जीएसटी संग्रहण वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रहण में बढ़ोत्तरी के मामले में छत्तीसगढ़ ने पूरे देश में आंधप्रदेश के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सूची के अनुसार पिछले वर्ष अक्टूबर में राज्य में पंद्रह सौ सत्तर करोड़ रूपये का जीएसटी संग्रहण हुआ था पिछले वर्ष की तुलना में इस साल अक्टूबर महीने तक चार सौ चार करोड़ रूपये ज्यादा जीएसटी प्राप्त हुआ है जो कि पिछले वर्ष की अपेक्षा छब्बीस फीसदी अधिक है राज्य शासन को अनुसार कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने और विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की वजह से जीएसटी में बढ़ोत्तरी हुई है पुलिस शौर्य पदक राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के सात प्रलिस जवानों को शौर्य पदक से सम्मानित किया गया है मुख्यमंत्री के रायपुर्र स्थित निवास कार्यालय में कल आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूलिस जवानों को ये सम्मान प्रदान किए समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके वर्च्यअल रूप से शामिल हुई राज्य अलंकरण समारोह में शौर्य पदक से सम्मानित होने वाले पुलिस जवानों में रायपुर के निरीक्षक मोहसिन खान सुकमा के उप निरीक्षक जितेन्द्र एसैया बीजापुर के सहायक उप निरीक्षक गणेश करमरका दंतेवाड़ा के प्रधान आरक्षक रामलाल कश्यप और कुटुम्ब राव के साथ ही आरक्षक देबा आनंदम और आरक्षक गोपी इस्ताम शामिल हैं अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था और जनसेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करना गौरव की बात है समारोह में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सहित राज्य सरकार के अनेक मंत्री तथा जनप्रतिनिधि शामिल हुए

यह बात राज्यपाल ने आज दूर्ग स्थित हेमचंद यादव विश्वविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा कोविड नाइंटीन के दौरान खान पान के विषय में जागरूकता विषय पर आयोजित वेबीनार को संबोधित करते हए कही उन्होंने वेबीनार में शामिल प्राध्यापकों सरपंच पंच और महिला स्व सहायता समूह के प्रतिनिधियों को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए पौष्टिक आहार और दवाइयों के साथ सकारात्मक सोच रखने का सुझाव दिया राज्यपाल ने कहा कि कोरोना के लक्षण होने पर घबराने की बजाय जागरूक बने ताकि इस बीमारी को दूर किया जा सके वेबीनार में हेमचंद यादव विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया नई दिल्ली के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आपसी समझौता भी किया गया राज्यपाल ने इसके लिए दोनों संस्थाओं को श्रभकामनाएं देते हए उम्मीद जताई कि इसका फायदा विद्यार्थियों और शिक्षकों को मिलेगा इस बीच राज्यपाल सुश्री उइके छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के अवसर पर नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भी वर्चुअल रूप से शामिल हई इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी प्रदेश की उन्नति में एनआरआई समुदाय का बहत बड़ा योगदान होता है

वहीं कल कोरोना संक्रमण से ग्यारह लोगों की मौत भी हुई है राज्य में इस समय बाईस हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं इस बीच राजनादगाव जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान की शुरूआत की गई है इसके तहत मितानिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाए गांवों तथा शहरों में सर्वे कर संदिग्ध मरीजों की पहचान करेंगी और उनकी सूची स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी आगामी इकतीस दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत हर बुधवार और गुरूवार को सर्वे किया जाएगा

यह ं बात श्री सिंहदेव ने आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में वन अधिकार कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए कही श्री सिंहदेव ने कहा कि राज्य सरकार वन अधिकार कानून को पूरी ंतरह से लागू करने के लिए गंभीरता के साथ काम कर रही है उन्होंने बताया कि वन अधिकार पत्रों के अस्वीकृत मामलों पर पुनर्विचार कर पात्र लोगों को इसका लाभ दिया जा रहा है वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बधेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की बारहवीं कड़ी का प्रसारण रविवार आठ नवंबर को होगा मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार बालक बालिकाओं की पढ़ाई खेलकूद और भविष्य विषय पर प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों एफ एम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह साढ़े दस बजे से ग्यारह बजे तक किया जाएगा सुकमा सडक सुधार सुकमा जिले के माओवाद प्रभावित गोलापल्ली इलाके में माओवादियों द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सड़कों को सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से आवागमन लायक बना दिया है डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवानों ने इस इलाके में खराब सड़कों की मरम्मत की और अब इन सड़कों पर आवागमन भी शुरू हो गया है जिले के पुलिस अधीक्षक कन्हैयालाल ध्रव ने सुरक्षा बलों के इस कार्य की सराहना की है गौरतलब है कि करीब दो महीने पहले माओवादियों ने इस इलाके में सड़कों पर जगह जगह गड़दे कर दिए थे जिससे आवागमन काफी बाधित हो रहा था इस बीच सुकमा जिले में महिलाओं से संबंधित अपराधों पर रोक लगाने के लिए संचालित मुक्ते रक्षत्रंग अभियान को अच्छी सफलता मिल रही है इसके तहत सकमा पुलिस ने महिलाओं के साथ दर्व्यवहार के मामले में तीन आरोपियों को अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है सर्मपण अभियान दर्ग राज्य में बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किए गए समर्पण अभियान के तहत दूर्ग पुलिस ने भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया इस शिविर में सौ से अधिक वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई और समर्पण अभियान के तहत उनका पंजीयन किया गया जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिंह ठाकूर ने बताया कि सभी बुजुर्गों के बारे में जानकारी ली जा रही है और इस अभियान के तहत बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा संक्षिप्त समाचार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने एक बार फिर अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ा दी है नई तिथि के अनुसार इच्छुक छात्र छात्राएं दाखिले के लिए पंद्रह नवंबर तक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं प्रदेश के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए छह नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं दुर्ग और अंबिकापुर के बीच चलने वाले स्पेशल ट्रेन को अब दिसंबर तक चलाया जाएगा

इसकी कीमत लगभग दो करोड रूपये आंकी गई है

जांजगीर चांपा जिला स्तरीय कन्वरजेंस समिति ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चौंतीस गांवों का अनुमोदन किया है योजना के तहत प्रत्येक गांव में विकास कार्यों के लिए चालीस लाख रूपये की मंजूरी दी जाएगी

पुलिस ने इस मामले में गोदाम मालिक को गिरफ्तार कर लिया है